मोदी म्ख्यमंत्री बैठक कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में चलाये जा रहे अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे श्री मोदी की राज्यों के म्ख्यमंत्रियों के साथ अपराहन तीन बजे यह बैठक वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से होगी कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट के दौरान प्रधानमंत्री पांचवीं बार राज्यों के म्ख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े काम धंधों को चालू करने तथा इस महामारी से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होने की सम्भावना है इसी बीच आज केन्द्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज नईदिल्ली से सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के म्ख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की वीडियो कांफ्रेन्स से हई बैठक में केबिनेट सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि डाक्टरों नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए और सभी कोरोना यौद्वाओं की स्रक्षा के लिए व्यापक कदम उठाये जाने चाहिए

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े तीन हजार के करीब पहुंच गई है

सीहोर जिले में दुसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला स्वास्थ्य विभाग ने एरिया को सील करते हए आगे की कार्रवाई श्रु कर दी है डिंडोरी जिले के शहप्रा कस्बे में एक कोरोना पॉजिटिव मिला जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हो गयी है सागर जिले में जिला प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की है और एक स्वच्छता निरीक्षक को निलंबित कर दिया है खण्डवा में कोरोना संक्रमण के प्रकोप से आज राहत मिली

अशोकनगर में एक महिला कोरोना पोसिटिव आने से जिला ओरेन्ज जोन में पहुंच गया है जिला स्वास्थ्य अधिकारी जे आर त्रिवेदिया ने बताया कि ग्राम सिरसी पछार को कंटेन्मेंट एरिया घोषित कर दिया गया है

रायसेन कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण रायसेन नगरीय क्षेत्र में निषेधात्मक आदेश घोषित किया है

होशंगाबाद के इटारसी में आज एक और कोरोना संक्रमित मिला है

जोगी तबियत दिल का दौरा पड़ने के बाद कल से अस्पताल में भर्ती छत्तीसगढ़ के पूर्व म्ख्यमंत्री एवं जनता कांग्रेस प्रम्ख अजीत जोगी की तबियत में कोई स्धार नही हुआ है उनकी स्थिति गंभीर बनी हई है नारायणा अस्पताल के निदेशक डास्नील खेमका ने आज जारी मेडिकल ब्लेटिन में बताया कि श्री जोगी की स्थिति अत्यन्त गंभीर बनी ह्ई है मदर्स डे मां के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए विश्व के अनेक भागों में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है यह दिन मई के द्रसरे रविवार को मनाया जाता है जो मां और शिश् के बीच अद्भुत संबंध को समर्पित है

श्री जावड़ेकर ने शनिवार को यहां नारद जयंती के अवसर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया के एक वेबिनार में संगठन द्वारा फेक न्यूज पर तैयार की गई एक रिपोर्ट को जारी करते हुए ये विचार व्यक्त किये